प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों के उप चुनाव के लिए नाम वापसी के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया संपन्न जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र में चांदी चोरी के बड़े मामले में मुख्य आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया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

प्रदेश में बढ़ते संकमण को रोकने के लिये सभी जिलों में सख्ती बरती जा रही है अजमेर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है इसके तहत मास्क नहीं पहनने वालों के चालान बनाने सहित उन द्वकानों को सीज किया जा रहा है जिनके संचालक बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे हैं

इसके अलावा पुलिस ने भी मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर रखा है

अब तक अजमेर में तीन सहित जिले में पांच माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इनकी जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारियों को सौंपी गई है जो इसका ध्यान रखेंगे कि वहां आम लोगों की आवाजाही नहीं हो

झालावाड़ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज विभिन्न जिलाधिकारियों ने झालावाड और झालरा पाटन नगरों में भ्रमण कर स्थानीय जन प्रतिनिधियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ बैठक की जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में कोरोना संकमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के निर्देश दिए

इघर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का काम तेज गति से चल रहा है

अब प्रदेश में सातों दिन टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है

जिले के प्रत्येक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी सीएचसी और अन्य सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है इसके साथ ही शहर के निजी अस्पतालों में भी सुविधा उपलब्ध है जहां पर ढाई सौ रुपए का भूगतान कर टीके की डोज लगायी जा सकती है

इनमें महाराष्ट्र पंजाब कर्नाटक दिल्ली हरियाणा और छत्तीसगढ शामिल है मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की राज्यो को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत या उससे नीचे ही बनी रहे

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश मेज सकते हैं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

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में दो अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला है नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पहल से कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी और ऊर्जा की भी बचत होगी

सभी रेलकर्मियों को संबोधित एक पत्र में श्री गोयल ने कहा है कि उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प से अभूतपूर्वसंकट से उबरने में सफल हुए हैं जिसे रेल मंत्री ने महामारीके दौरान रेल परिवार को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इसे कभी नहीं भुलाया जासकेगा

उप चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देश पर संबंधित विभागों ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब नकद राशि नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री जप्त की है

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण प्रभवित खान गतिविधियों को कोविड प्रोटोकाल की पालना कराते हुए योजनाबद्द तरीके से फिर शुरू किया गया उन्होंने बताया कि विभाग ने एम सेंड पॉलिसी जारी की है और पोटाश की खोज के लिए एमईसीएल के साथ एमओयू किया है

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपित उत्तराखण्ड में थे और वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे अंतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है